राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार ही बनाते हैं व्यक्ति को संपूर्ण

राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और अमित शाह को गृहमंत्री बनाया गया है कुछ मंत्री पिछले सरकार में मिला मंत्रालय फिर संभालेंगे अधिकांश मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के बीते रोज हुए गठन के बाद आज सभी मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई निर्मला सीतारामन को वित्त मंत्रालय के साथ साथ कॉरपोरेट मंत्रालय भी सौंपा गया है एस जयशंकर विदेश मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे जबकि प्रकाश जावडेकर को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अलावा वन व पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है नितिन गड़करी को फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है वहीं डी वी सदानंद गौड़ा को रसायन और उवर्रक राम विलास पासवान को खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर क्रषि और किसान कल्याण जबकि रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण थावर चंद गहलोत को सामाजिक न्याय और आधिकारिता रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामले और स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास और वस्त्र मंत्रालय का ज़िम्मा दिया गया है डॉ हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पीयूष गोयल को रेल वाणिज्य और उद्योग धर्मेद्र प्रधान को पैट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात और मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है राज्य मंत्रियों में फग्गनसिंह कुलस्ते को इस्पात अश्विनी कुमार चौबे को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्यू भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन् नित्यानंद राय गृह मंत्रालय का कार्यभार देखेंगे रतन लाल कटारिया को जल शक्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता वी मुरलीघरन को विदेश और संसदीय कार्य रेणुका सिंह सरुता को जनजातीय मामले सोम प्रकाश को वाणिज्य और उद्योग प्रताप चंद्र सारंगी को सुक्षम छोटे और मझौले उद्योग मंत्री बनाया गया है अनुराग ठाकुर को वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है उनके पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी कार्यभार होगा संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला कैबिनेट केन्द्र सरकार ने नैशनल डिफैंस फंड के तहत शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला लिया है

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आतंकी अथवा नक्सली हमलों में शहीद राज्य पुलिस के कर्मचारियों के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया राजधानी शिमला में इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जबकि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति सिकंदर कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है और परिसर में तम्बाकू निषेध अभियान को पूरी तरह से लागू किया गया है बिलासपुर में डीएवी स्कूल में ज़िलास्तरीय तंबाकू निषेघ दिवस का आयोजन किया गया इस मौके पर स्कूली बच्चों की भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई धर्मशाला में भी स्कूली बच्चों की भाषण और नारा लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया सोलन में विश्व तंबाकू दिवस के मौके पर शहरभर में स्कूली छात्रों की जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया

उन्होंने कहा कि इस दौरान विभाग के कर्मचारी ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे ताकि मछली का शिकार रोका जा सके कंवर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश के सभी बड़े जलाशयों में हर वर्ष दो महीने तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध एक नियमित प्रक्रिया है अजीत कुमार वाइस एडमिरल अजीत कुमार आज दो दिवसीय शिमला दौरे पर पहुंचे दौरे के पहले दिन अजीत कुमार ने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला के लैफ्टिनेंट जनरल पीसी थिम्मया से मुलाकात की थिम्मया ने इस दौरान वाइस एडमिरल अजीत कुमार को देश की सेना के ए श्रेणी के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण के बारे अवगत करवाया सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि अजीत कुमार के इस दौरे का उद्देश्य भारतीय सेना के तीनों अंगों में विभिन्न संयुक्त मुद्दों पर आगामी समय में आने वाली नई चुनौतियों पर चर्चा करना था मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के उपरांत हिमाचल में विकास की गति में तेजी लाने के लिए विशेष सौगात मिलेगी मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल और गतिशील नेतृत्व में देश आने वाले वर्षों में विकास के शिखर पर पहुंचेगा और विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा मुख्यमंत्री ने सांसद अनुराग ठाकुर को केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं और संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है राज्यपाल आज डीएवी कॉलेज चण्डीगढ़ के दीक्षांत समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे सत्य और जन कल्याण का रास्ता कभी न छोड़ें तथा देश समाज व परिवार की यश कीर्ति को आगे बढ़ाएं राज्यपाल ने कहा कि छात्र जीवन में ही यदि बच्चों को सही लक्ष्य के लिए उचित मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाए तो वे जीवन में सफलता को आसानी से हासिल कर लेते हैं उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करके उसे हासिल करने के लिए मेहनत व लग्न से निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेबार और स्वामी विवेकानन्द पीठ स्थापित की जाएगी साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वामी दयानन्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरूनानक देव पीठ को क्रियाशील बनाया जाएगा ये निर्णय विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की आज शिमला में हुई बैठक में लिया गया बैठक की अध्यक्षता कुलपति सिकंदर कुमार ने की

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग में सह आचार्य डॉक्टर विकास डोगरा को पदोन्नत कर आचार्य बनाने पर भी कार्यकारिणी परिषद ने अपनी मोहर लगाई

उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिमाचली व्यंजनों को बनाने की कला को प्रदर्शित करना और पारम्परिक फसलों को लुप्त होने से बचाना है कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आज बद्दी में जैव विविधता संसाधनों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव डीसी राणा ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में जैविक उत्पादों की स्थानीय प्रजातियां उपलब्ध होने से ग्रामीण स्तर पर सामाजिक व आर्थिक वृद्धि की अपार संभावना है डीसी कांगडा कांगड़ा ज़िला के लोगों को उपमण्डल स्तर पर भी शस्त्र लाइसेंस के नवीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी उपायुक्त संदीप कुमार ने आज धर्मशाला में ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक तौर पर पहली जून से नूरपुर देहरा और पालमपुर उपमण्डल स्तर पर यह सुविधा शुरू होगी

डीसी सोलन सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने ज़िले में कार्यरत सभी बैंकों के अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार व प्रसार करने को कहा है ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाम मिल सके उपायुक्त आज जिला अग्रणी बैंक की त्रैमासिक सलाहकार समिति और यूको आरसेटी बैठक की अध्यक्षता करे रहे थे उन्होंने बैंकों द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए